सुरक्षा सुत्रों ने कहा है कि यह हमला हाल के वर्षो में सी आर पी एफ पर हुआ सबसे घातक और खतरनाक हमला है सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी अपनी कार को सी आर पी एफ की बस से भिड़ा दिया जिससे जबरदस्त विस्फोट हुआ हमला निंदा कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले की प्रदेश में कड़ी निंदा हो रही है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे आतंकियों का कायराना कृत्य बताया है और जवानों की मृत्यु पर दुख जाहिर किया है मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए जख्मी जवानों के शीघ स्वास्थ्य लाभ की कामना की है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा कि शहीद जवानों का बलिदान खाली नहीं जायेगा और आज पूरा देश शहीदों के परिजनों के साथ है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने हमले को हताश आतंकियों की कायराना करतूत बताते हुए निंदा की है और शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है मोदी दौरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रदेश के दौरे पर आयेंगे वे आज चार बजे होशंगाबाद के इटारसी से लोकसभा चुनाव अभियान की शुरूआत करेंगे यहां के रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान पर श्री मोदी की सभा होगी प्रधानमंत्री कल धार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे श्री मोदी इस दौरान ग्वालियर में भी कुछ देर के लिए रूकेंगे इंदिरा गृह ज्योति योजना ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया है कि प्रदेश में स्थायी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिये इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरु की गयी है

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना के लागू होने से ऊर्जा विभाग से संबंधित एक और वचन पूरा हो गया है ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने बताया कि सरल बिजली बिल स्कीम के सभी उपभोक्ता योजना में शामिल होंगे सरल बिजली बिल के प्राप्त लंबित आवेदन भी इस योजना में मान्य होंगे

हितग्राहियों के बिल की गणना विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ अनुसार की जायेगी

शहरी क्षेत्रों में मीटर के आधार पर ही बिलिंग होगी

राज्य सरकार द्वारा बालाघाट जबलपुर एवं सिवनी जिले में तकनीकी कारणों से किसानों को भुगतान में आ रही समस्या के निराकरण के लिए भुगतान की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है

किसानों के खाते में आज से भुगतान प्रारंभ कर दिया जाएगा आगामी कुछ दिनों में ही किसानों के खाते में राशि पहुँच जाएगी

केन्द्रीय भू तल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को कल नई दिल्ली में मुलाकात में ये जानकारी दी श्री वर्मा ने श्री गडकरी को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के भू अर्जन के प्रकरणों को निश्चित समय सीमा में निराकृत किया जायेगा

इंदौर शहर के मध्य सुगम एवं सुरक्षित यातायात संचालन के लिये एलआईजी से नवलखा तक बहु प्रतीक्षित एलीवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिये भी केन्द्रीय सड़क निधि से स्वीकृति दिये जाने के लिये सहमति मिल गई है श्री गडकरी ने उज्जैन गरोठ नया राष्ट्रीय राजमार्ग जो बड़ौदा से नई दिल्ली जायेगा को स्वीकृति प्रदान की

यह योजना अंतरिम बजट में घोषित की गई थी पेंशन प्राप्त कर रहे कामगार की मृत्यु के बाद पेंशन की आधी धनराशि उनके पति या पत्नी को दी जाएगी यह योजना स्वैच्छिक और अंशदान पेंशन योजना है जिसमें फिफ्टी फिफ्टी के आधार पर निर्धारित आयु वर्ग के लाभार्थी को अंशदान करना होगा इसमें उतनी ही धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी

उन्होंने कहा कि इस कदम से चीनी मिलों के पास धन की उपलब्यता बढ़ेगी और वे गन्ना किसानों को समय पर भुगतान कर सकेंगे राज्य सम्मान राज्य शासन ने उत्कृष्ट सेवा कार्य करने के लिये गुरूनानक और रहीम राज्य सम्मान पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार रविन्द्र भवन और मानस भवन में आज और कल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा शुभारंभ करेंगे

मौसम प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है

राजधानी भोपाल में देर रात बारिश हुई वहीं बिजली गिरने से छतरपुर जिले में दो और दमोह जिले में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की खबर है सागर गुना राजगढ़ विदिशा सीहोर अशोकनगर सहित कई जिलों में बारिश के साथ ही ओले गिरने की खबरे है